प्रदेश कांग्रेस ने बस किराए में की गई बढ़ौतरी को जन विरोधी करार दिया केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने लिए जनहित से जुड़े फैसले

मंत्रिमंडल ने सांसदों और विधायकों को हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा वापस लेने का निर्णय भी लिया हालांकि ये सुविधा पूर्व सांसदों व विधायकों को जारी रहेगी

आलोचना किराया इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने बस किराये में की गई बढ़ौतरी को जनविरोधी करार दिया है शिमला से जारी एक ब्यान में पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि डीजल व पैट्रोल में की गई वृद्धि से लोग पहले ही परेशान है ऐसे में बस किराये में की गई बढ़ौतरी निंदनीय है उन्होंने कहा कि सरकार ने यदि ये निर्णय वापस नहीं लिया तो इसके खिलाफ पार्टी प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी प्रदेश सरकार द्वारा बस किराए में की गई वृद्वि की कड़ी निदा की है ऊना से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में जनता को राहत देने की जरूरत है जबकि सरकार किराए में बढ़ौतरी कर लोगों की पेरशानियां बढ़ा रही है उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस निर्णय का जनता के बीच जाकर विरोध करेगी काजल कांग्रेस विधायक पवन काजल ने भी बस किराए में की गई बढौतरी को गरीब और मध्यम वर्ग के साथ अन्याय करार दिया है कांगड़ा से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि बस किराया बढ़ने से प्रदेश में मंहगाई चर्म पर पहुंचेगी

अनुराग केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा लिए निर्णयों को कल्याणकारी व जनहित में बताया है ऊना ज़िला भाजपा जनजाति मोर्चा की वर्चअल बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना व आत्मनिर्भर अभियान के तहत देश के प्रवासी श्रमिक और गरीब लोगों को आर्थिक व समाजिक सुरक्षा प्रदान की है

अनुराग ठाक्र ने कहा कि हिमाचल सरकार ने भी कोरोना महामारी को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए हैं परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि प्रदेश का सर्वागीण विकास सरकार का एक मात्र उददेश्य है सुल्ह विधानसभा क्षेत्र के मरांडा और कालू दी हटटी क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने ये बात कही उन्होंने कहा कि हर घर के लिए पेयजल और हर खेत तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है परमार ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नए टयूब वैल स्थापित किए जा रहे हैं

प्रधानमंत्री ने लोगों से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले प्रेरक सामूहिक प्रयासों को साझा करने को कहा है

वे अपने विचार नमो ऐप्प या माईगोव पर भी भेज सकते हैं

एक प्रैस बयान में उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम के लिए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामसिंह को संयोजक बनाया गया है जम्वाल ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों की अनुपालना भी सुनिश्चित की जाएगी

कुलदीप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कृलदीप राठौर ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया है

राठौर ने कहा कि प्रदेश की सीमाओं से बगैर कोविड जांच व अनुमति के लोग आ रहे हैं

सेब में स्कैब बीमारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में भी कारगर कदम नहीं उठा रही है गणेशदत्त प्रदेश सरकार मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत बागवानों के हितों के लिए प्रयासरत है

हिमफैड के अध्यक्ष गणेशदत्त ने शिमला में पत्राकारों से बातचीत में कहा कि सेब से प्रदेश की आर्थिकी मजबूत होगी उन्होंने कहा कि सभी एकत्रीकरण और बिकी केंद्रों में पूरी पारदर्शिता के साथ सेब व आम के विपणन की व्यवस्था की गई है

यूपीएससी ने सूचित किया है कि पीटी के लिए यात्रा करने वाले उम्मीदवारों को देश में रेल सेवाओं की कमी के मद्देनजर केवल एक बार हवाई यात्रा का आने जाने का किराया दिया जाएगा राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे पीटी के लिए ई सम्मन पत्र रखने वाले उम्मीदवारों को इसमें भाग लेने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों से आने जाने की अनुमति दी जाए